हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ग्रामीण व शहरी सफाई कर्मचारियों के वेतन में वृद्वि की घोषणा की

कोविड वैक्सीन पूरी तरह स्रक्षित है टीकाकरण के लिए आगे आएं अफवाहों पर विश्वास न करे यह भी याद रखना है कि बार बार हाथ धोना मास्क पहनना व दो गज की द्री अभी भी जरूरी है

उन्होंने बताया कि सरकार एवं स्वास्थ्य विभाग के दिशा निर्देशान्सार टीकाकरण का कार्य जब तक पूरा नहीं हो जाता है तब तक जारी रहेगा अम्बाला के उपाय्क्त अशोक क्मार शर्मा ने शहर में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों से फोन पर बातचीत की और उनका हाल चाल पूछा

वह इस स्थिति में अकेलापन महसूस न करे इसलिए उनसे बातचीत की जा रही है उपायुक्त ने बताया कि रोगी का हाल चाल पूछने से उन्हे काफी हद तक सहानुभूर्ति मिलती है उपाय्क्त ने चिकित्सकों को ऐसे मरीजों के घर घर जाकर उनकी आवश्यक जांच करने और परामर्श देने के भी आदेश दिये है आज करनाल में राज्य सफाई कर्मचारी आयोग की ओर से सफाई मित्र उत्थान सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें प्रदेश भर से सफाई कर्मचारियों ने भाग लिया ये एक संवाद कार्यक्रम था जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल सीधे सफाई कर्मचारियों से जुड़े

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ईस्टर के अवसर पर देशवासियों को श्भकामनायें दी है अपने संदेश में श्री कोविंद ने कहा कि यह त्यौहार ईसा मसीह के फिर जीवित होने के उपलक्ष्य में पूरे विश्व में बड़ी श्रद्वा और उल्लास से मनाया जाता है उन्होंने कहा कि ईसा मसीह मानवता सत्य क्षमा बलिदान और करूणा क प्रतीक थे उनकी शिक्षायें शांति प्रेम और भाईचारे का संदेश देती है उप राष्ट्रपति एम वैकेंया नायडू ने भी ईस्टर के मौके पर देश के लोगों को बधाई दी है श्री नायडू ने कहा कि ईसा मसीह मानवता के संरक्षण थे तथा उन्होने मानवजाति को मोक्ष के लिए प्रेम दया और क्षमा के मार्ग दिखाया था अंबाला जिले में आज ईस्टर पर प्रार्थना सभा की गई अंबाला छावनी के यूनाईटिड चर्च ऑफ सीएनआई में आज प्रार्थना सभा के उपरांत भंडारा लगाया गया चर्च के सचिव राजेश ने बताया कि आज का दिन विशेष महत्व रखता है उन्होंने बताया कि ईस्टर को गुड फ्राइडे के तीसरे दिन बाद मनाया जाता है इस दिन प्रभ् ईसा मसीह प्नः जीवित हो उठे थे मान्यता है कि प्रभ् ईसा मसीह अपने शिष्यों के लिए वापिस लौटे थे प्न लौटने के बाद उन्होंने लोगों करुणा दया और क्षमा का उपदेश दिया जे सी बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय फरीदाबाद ने विद्यार्थियों को रोज़गार दिलाने में बेहतर प्रदर्शन किया है

विश्वविद्यालय क प्लेसमेंट रिकार्ड पर प्रसन्न्ता जताते हये क्लपति प्रो दिनेश क्मार ने कहा कि कोरोना महामारी के वाबजूद विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों में प्लेसमेंट के क्षेत्र में ख्द को साबित किया है यम्नानगर जिले में उप मंडल बिलासप्र के एस डी एम जसपाल सिंह गिल ने आज बिलासप्र व रणजीतप्र अनाज मंडी का औचक निरीक्षण किया निरीक्षण के दौरान उन्होंने मंडियो में बिजली पानी कैंटीन शौचालय और साफ सफाई की व्यवस्था को देखा इस दौरान मंडी मैं किसानों और आढ़ितयों से बातचीत की उन्होंने मार्केट कमेटी के अधिकारियों को आदेश दिये कि वे मंडियों में सभी जरूरी सुविधाओं की ओर ध्यान दिया जाये एस डी एम ने गेहं की चल रही खरीद का जायज़ा भी लिया एम डी एम जसपाल सिंह गिल ने कहा कि सरकार की ओर से किसानों की सुविधा के लिए दो दिन के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल खोला जा रहा हे हरियाणा सराकर ने श्री श्याम बाबा के दर्शनों को श्री खाटू श्याम नगरी जाने के लिए बंद की गई रोडवेज बस सेवा फिर से श्रू करेगी परिपहन मंत्री ने यह आश्वासन दिया है गुरूग्राम से हर माह हज़ारों की संख्या में इस धार्मिक यात्रा पर जाने वाले लोगों की मोंग पर बीजेपी य्वा नेता नवीन गोयल ने इस दिशा मे पहल करते हये परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा को यह मांग पत्र सौंपा है पटौदी स्थित महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव ने आश्रम हरि मंदिर के प्रागंन में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेने को प्रदेश के परिहवन मंत्री मूल चंद शर्मा भी पह्ंचे थे

गिरफ्तार की गई तीनों महिलायें राजस्थान से है थाना सदन फतेहाबाद में तीनों के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है खबर एजेंसी हिन्दुस्थान समाचार के अन्सार नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो फतेहाबाद की टीम उप निरीक्षक महाबीर सिंह के नेतृत्व में राष्ट्रीय राजमार्ग पर गश्त कर रही थी टीम ने जब बड़ोपल बस अड्डे पर पहंची तो तीन महिलाएं एक बस से उतरी इनके हाथों में चार प्लास्टिक के थैले थे शक तक आधर पर प्लिस ने तीनों महिलाओं को रोक और पूछताछ की

पुलिस ने आगे की कार्यवाही श्रू कर दी है हरियाणा के म्ख्यमंत्री मनोहर लाल ने म्ख्य प्रधान सचिव डीएस ढेसी के पिता डॉ अवतार सिंह के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है

डॉ अवतार सिंह को दिल का दौरा पड़ने से आज सुबह उनका देहांत हो गया आज यहां जारी एक शोक संदेश में मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की शान्ति के लिए भगवान से प्रार्थना की